कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज से शुरू हो रही मैट्रिक परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग को मुख्य परीक्षा के लिए रिक्त पदों से दस गुना अधिक उम्मीदवार बुलाने का निर्देश दिया है न्यायाधीश अरुण मिश्र और नवीन सिन्हा की पीठ ने तीसवीं बिहार न्यायिक संयुक्त प्रवेश परीक्षा के पीटी परिणाम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर यह व्यवस्था दी पीठ ने कहा कि इस परीक्षा में तीन सौ उनचास विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध मात्र अठारह सौ तैंतालीस उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया जो पूरी तरह मजहर सुल्तान मामले में दिये गये आदेश का उल्लंघन है पीठ ने कहा कि बीपीएससी इस बात को सुनिश्चित करे कि भविष्य की परीक्षा में कटऑफ अंक रखे जायें राज्य सरकार ने उपमुख्यमंत्री की हैसियत से तेजस्वी प्रसाद यादव को पटना के पांच देशरत्न मार्ग स्थित आवंटित बंगले की साज सज्जा पर करोड़ों रूपये हुई खर्च की जांच का आदेश दिया है भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी ने विभागीय अधिकारियों से बंगले पर हुई खर्च का हिसाब तलब किया है उन्होंने कहा कि यदि नियम के खिलाफ खर्च हुआ होगा तो दोषियों पर कार्रवाई की जायेगी सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज योजना में अनाज की हुई गड़बड़ी की जांच के लिए गठित उदय सिन्हा समिति की रिपोर्ट विधान सभा में पेश की गयी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन योजनाओं के तहत जनवितरण प्रणाली दुकानदारों ने चावल उठाया लेकिन उसे लाभार्थियों को न देकर ब्लैक मार्केट में बेच दिया इससे सरकार को लगभग दो सौ उनतालीस करोड़ रूपये का नुकसान हुआ ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में समिति की रिपोर्ट पर अब तक की गयी कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए बताया कि बाईस करोड़ रूपये की वसूली की गयी है साथ ही जिलाधिकारियों को आरोपी द्रकानदारों से शेष राशि वसुलने का निर्देश दिया गया है इन दोनों ही योजनाओं में दो हजार दो से दो हजार छह के बीच भारी मात्रा में अनाज गबन का मामला उजागर हुआ था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मैट्रिक परीक्षा आज से शुरू हो रही है इस बार परीक्षा में सोलह लाख साठ हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे परीक्षा को लेकर राज्यभर में एक हजार चार सौ अठारह केन्द्र बनाये गये हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि शांतिपूर्ण और कदाचार रहित परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से दस मिनट पहले परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा देर से आने पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी वहीं परीक्षार्थियों के जूता मोजा पहनकर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने पर रोक रहेगी साथ ही परीक्षा भवन में मोबाईल और कैलकुलेटर सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग और जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और राजनीतिक शोध संस्थान से बिहार के इतिहास का दस्तावेज तैयार कराने का आग्रह किया है संस्थान के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि इससे लोगों को बिहार के इतिहास के बारे में एक साथ प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी प्रदेश के सभी आठ हजार चार सौ तिरसठ पैक्स कम्प्यूटरीकृत किये जायेंगे शुरू में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पटना भोजपुर रोहतास बक्सर कैमूर और औरंगाबाद स्थित पैक्सों में कम्प्यूटर लगाये जायेंगे सहकारिता मंत्री राणा रणधीर ने बताया कि कम्प्यूटराइजेशन होने से पैक्सों के क्रियाकलापों में पारदर्शिता आयेगी और गड़बड़ियों पर अंकुश लगेगा उन्होंने कहा कि इससे पैक्स के कार्य संचालन में भी आसानी होगी मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के उजागर होने के बाद मधेपुरा आश्रय गृह से सुपौल भेजी गयी लड़कियों के मामले में सीबीआई ने सुपौल सदर अस्पताल के चिकित्सकों से पूछताछ की है

इधर मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा में बंद सात आरोपियों को दिल्ली भेजने की तैयारी की जा रही है मामले की तेईस फरवरी को होने वाली सुनवाई अब दिल्ली के साकेत स्थिति विशेष पॉक्सो अदालत में होगी प्रदेश के छह राजकीय उच्च पथों को राष्ट्रीय उच्च पथ का दर्जा दिया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है एसएच से एनएच बनने वाली इन सड़कों का विकास किया जायेगा इससे बिहार के कई जिलों के साथ ही झारखंड और उत्तर प्रदेश आने जाने में सुविधा होगी राज्य सरकार ने इकतालीस प्रखंड विकास पदाधिकारी निन्यानवे अंचलाधिकारी और इक्कीस जिला शिक्षा पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है वहीं छह प्रमंडलों में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक का भी तबादला किया गया है कला संस्कृति और युवा विभाग तथा बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम लिमिटेड द्वारा आज से पटना में तीन दिवसीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है किलकारी भवन में आयोजित महोत्सव का उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी उद्घाटन करेंगे प्रदेश में स्वाइन फ्लू के चार नये मामले प्रकाश में आये हैं पटना के आरएमआरआई में कल चार मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई ये सभी पटना के रहने वाले हैं उत्तराखंड के देहरादून में चौबीस फरवरी से शुरू होने वाली राष्ट्रीय मास्टर्स गेम्स में बिहार की टीम पांच खेलों में भाग लेगी बिहार के खिलाड़ी बैडमिंटन टेब्ल टेनिस लॉन टेनिस तैराकी और बास्केटबॉल में हिस्सा लेंगे खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात अपराधी राम पुकार सिंह को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत गोस्वामी टोला में एक घर की दीवार गिरने से पांच बच्चे घायल हो गये वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के पंचमुखी चौक स्थित एक डॉक्टर के आवास में अपराधियों ने डाका डालकर लाखों रूपये मूल्य की संपत्ति लूट ली सऊदी अरब के राजक्मार मोहम्मद बिन सलमान की भारत यात्रा से जुड़ी खबरें आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान ने लिखा है आतंक से जंग में सऊदी का साथ ख़ुफिया सूचनाएं साझा करने पर रियाद राजी मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव का भी विरोध नहीं करेगा दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है कट्टरता और आतंकवाद से मुकाबले में सऊदी अरब करेगा भारत की मदद दैनिक भास्कर की सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनिल अंबानी चार हफ्ते में एरिक्सन को चार सौ तिरपन करोड़ दें वरना तीन महीने की जेल प्रभात खबर ने लिखता है मैट्रिक परीक्षा आज से दस मिनट पहले पहुंचे सेंटर राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई छब्बीस को आज ने ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है आर्थिक विकास की दौड़ में भारत रहेगा नम्बर वन

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज से शुरू हो रही मैट्रिक परीक्षा